उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज राजभवन में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज की कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न हई बैठक में राज्यपाल ने इलाहाबाद संग्रहालय की आर्ट गैलरी का ऑनलाइन उद्घाटन किया और संग्रहालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयागराज दैट वाज इलाहाबाद का विमोचन राजभवन में किया राज्यपाल ने वार्षिक रिपोर्ट दो हजार अट्ठारह उन्नीस और दो हजार उन्नीस दो हजार बीस को भी स्वीकृति प्रदान की राज्यपाल ने केन्द्र सरकार के जीवन पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का विवरण अपलोड करने के निर्देश दिये जिससे पेन्शनरों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में कोई कठिनाई न हो नीट परीक्षा में शत प्रतिशत अंक प्राप्त कर के देश में दूसरा स्थान हासिल करने वाली कुशीनगर की मेघावी छात्रा आकांक्षा सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की श्री योगी र्न इस अवसर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली छात्रा के माता पिता को शॉल देकर और छोटे भाई को टैबलेट देकर सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होनें घोषणा की कि प्रदेश सरकार आकांक्षा की एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करेगी और छात्रा के गांव को जोड़ने वाली सड़क का नाम उनके नाम पर होगा उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा जिला होने के बावजूद आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है वह उनके मेहनत लगन और जुनून का सबूत है इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे

कोविड से स्वस्थ होने की दर नब्बे दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है इसके साथ ही कोविड नाइन्टीन महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब बहत्तर लाख साठ हजार हो गई है देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से करीब बारह गुना हो गई है पिछले चौबीस घंटे में करीब उन्सठ हजार रोगी स्वस्थ हुए इस दौरान करीब चैवालिस हजार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई इस समय छः लाख दस हजार आठ सौ तीन मरीजों का इलाज चल रहा है जो क्ल संक्रमित लोगों का करीब सात दशमलव चौंसठ प्रतिशत है रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढने और मृत्युदर कम बनी रहने के कारण भारत में कोाविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिली है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देशभर में स्वास्थ्य संबंधी ब्नियादी ढांचे में सुधार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल को लागू करने और डॉक्टरों अन्य स्वास्थ्यकर्मियों और अप्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्वता से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है इस समय देश में मृत्यु दर एक दशमलव पांच शून्य प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में पांच सौ आठ लोगों की मृत्यु हुई जिनमें से लगभग अस्सी प्रतिशत दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं पिछले चौबीस घंटे में दस लाख छाछठ हजार से अधिक कोविड जांच की गई अब तक लगभग दस करोड पचपन लाख जांच की जा चुकी हैं

कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में छह महीने के चक्रवृद्धि व्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करने को कहा है उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से ऋण स्थगन की अवधि के दौरान कर्जदारों के दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफी का लाभ कर्जदारों तक पहुंचाने को कहा था शिक्षा आवास वाहन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण क्रेडिट कार्ड बकाया तथा उपभोक्ता ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है भारत के लौहपुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की एकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे संवाददाता ने बताया है कि इकतीस अक्टूबर अट्ठारह सौ पचहत्तर में गुजरात के खेडा जिले के नाडियाड में जन्मे सरदार पटेल ने गुजरात में दृग्ध सहकारी आंदोलन में मुख्य भूमिका निमाई पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पैटर्न सत्र एक नवंबर दो हजार बीस से शुरू हो रहा है इस बार पर्यटकों के लिए टूरिस्ट सर्किट में पन्द्रह पॉइंट विन्हित किये गए हैं जिसमें चूका बीच भीमताल सप्त सरोवर साइफन कैनाल जैसे काफी सारे पॉइन्ट चिन्हित किये गए हैं जिसमें टूरिस्ट आकर उस पॉइन्ट का आनंद ले सकते हैं